वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रसताव विभाग की अंतरिम न्यूनतम आवश्यक्ता को देखते हए पूर्व वर्ती वर्षो के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार होने चाहिए और प्रत्येक योजना का पूंजी और राजस्व वर्गीकरण अलग से किया जाना चाहिए प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य हिस्से का प्रावधान करने को भी कहा गया है जोकि अन्वर्ती केन्द्रीय हिस्से से मेल खाता हो उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने क्छ योजनाओं के वित्त पोषण की पद्वति में परिवर्तन किया है जिस अन्सार सम्बधित मंत्रालय की प्ष्ठि के बाद केन्द्र के हिस्से के साथ साथ राज्य का प्रावधान भी किया जाना जरूरी है उन्होंने बताया कि चालू कार्यो के लिए पर्याप्त धनराशि रखने के निर्देश भी दिए गए है ताकि इन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण किया जा सके उन्होंने बताया कि इसके अलावा ओवरलेंपिग से बचने के लिए समान उद्देश्यो वाली योजनाओं को एक साथ जोड़ने का कहा गया है ताकि यदि केन्द्र प्रायोजित किसी योजना के तहत समान उद्देश्य कवर होते है तो कोई भी नई राज्य योजना तैयार न करने को कहा गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निदेशों का अन्पालन स्निश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने केवल कम ध्ंआ फैलाने वाले ग्रीन पटाखों के बेचे जाने की अन्मति दी है अन्य पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ में यह जानकारी देते हए बताया कि पटाखे की लडिय़ों के निर्माण बिक्री और इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि इनसे बड़े पैमाने पर वाय् एवं ध्वनि प्रदूषण होने के अतिरिक्त ठोस कचरे की समस्याएं भी होती हैं उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से होगी प्लिस यह स्निश्चित करेगी कि ये लाइसेंस प्राप्त व्यापारी केवल अन्जेय पटाखों की ही बिक्री कर रहे हों इसके अलावा फ्लिप्कार्ट अमेजॉन सहित अन्य कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पटाखों का कोई भी ऑनलाइन आर्डर स्वीकार नहीं करेंगी और ऑफलाइन बिक्री को प्रभावित नहीं करेंगी उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी ई कॉमर्स कंपनी द्वारा पटाखों की ऑनलाइन बिक्री किए जाने को अदालत की अवमानना माना जाएगा और इस के लिए अदालत मौद्रिक दंड के आदेश भी दे सकती है

अब उन्हें बह उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं महिलाओं के बराबर वर्दी भत्ता मिलेगा

वित्त विभाग के प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

प्रतिष्ठित आर्थोपेडिक सर्जन राजन शर्मा को भारतीय चिकित्सा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष च्ना गया है वह हरियाणा से आई एम ए के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष है

उन्हें आई एम ए म्ख्यालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का सदस्य बनाया गया था इसके अलावा उन्होंने आई एम ए के अस्पताल बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया

अतिरिक्त मुख्य सचिव राष्ट्रीय तंबाक् नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य स्तरीय समन्वय समिति की तिमाही बैठक में तंबाकू नियंत्रण की दिशा में प्रगति की समीक्षा कर रहे थे

हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने दीपावली के शुभ अवसर पर सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई व श्भकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने सभी के उज्ज्वल शानदार एवं समुद्ध भविष्य की कामना करते हए कहा है कि ये त्यौहार सबके लिए हर वर्ष ख्शहाली व सम्पन्नता लेकर आए श्री आर्य ने कहा कि दीपावली का पावन पर्व मर्यादा प्रूषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन की याद दिलाता है इस दिन हमें श्रीराम के आदर्शो केा अपनाने का संकल्प लेना राज्यपाल ने अपील की है कि सब इस त्यौहार को आपस में मिलजुल कर भाईचारे और मैत्री की भावना से शांतिपूर्ण वातावरण में मनाएं और ब्राईयों से द्र रहने का संकल्प लें उन्होंने कहा कि इस पावन पर्व को श्रद्वा से मनाया जाए और आतिशबाजी न करके पर्यावरण को बचाएं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली के पवित्र त्यौहार पर बधाई दी है उन्होंने बधाई संदेश में कहा है कि दीए प्रकाश का प्रतीक है और प्रकाश उन्नति का प्रतीक है उन्होंने सभी के लिए मंगल कामना की है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भी दिवाली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को श्भकामनाएं दी हैं दिवाली की पूर्व संध्या पर आज चंडीगढ में जारी एक संदेश में म्ख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रकाश पर्व ख्शी और समृदघि ब्राई पर अच्छाई की जीत तथा अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है

म्ख्यमंत्री ने कहा म्झे आशा है कि लोग दिवाली के त्यौहार को बड़ी ख्शी उत्साह और शांति के साथ मनाएंगे हरियाणा प्लिस महानिदेशक श्री बी एस संध् ने प्रदेश के लोगों व हरियाणा प्लिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रोशनी के पर्व दीपावली की पूर्व संध्या पर बधाई और श्भकामनाएं दी हैं

प्लिस महानिदेशक के प्लिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिवाली दिवस पर अत्यधिक समर्पण भाव के साथ जिम्मेदारी का निर्वहन करें ताकि रोशनी के पर्व को सभी के लिए सुरक्षित बनाया जा सके

समारोह की अध्यक्षता कर रहे सेवा भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष स्वामी अमृतानंद ने दिवाली की बधाई देते हए सफाई कर्मियों का आहवान किया कि वे अपने बच्चों को उच्चतर शिक्षा दिलायें शिक्षा दवारा ही वे अपने बच्चों को विकास की प्रमुखधारा में शामिल कर सकते हैं आज जगाधरी बिलासप्र मार्ग पर एक ट्रक और बस की आमने सामने टक्कर हो गई हादसे में बस व ट्रक के चालक सहित एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए